सीतामढ़ी में तनाव के बाद अब स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में

रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज कहा कि शेखपुरा जिले के बरबीघा स्टेशन को अब बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के नाम से जाना जायेगा श्री सिन्हा नवादा जंक्शन पर आयोजित समारोह में विभिन्न रेल परियोजनाओं के बाद उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे रेल राज्य मंत्री ने किऊल गया रेल लाईन के विद्युतीकरण परियोजना का उद्घाटन किया जिसे रिकॉर्ड दो वर्ष से भी कम समय में पूरा किया गया है श्री सिन्हा ने किऊल और गया के बीच पहली मेमू सवारी गाड़ी को रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तीन महीने के बाद भागलपुर से नई दिल्ली जाने वाली भागलपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस का परिचालन इस नये रेलखंड से किया जायेगा और नवादा में भी ट्रेन का ठहराव होगा इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित थे इससे पहले श्री सिन्हा ने पटना जंक्शन वंशीपुर मनकट्ठा बाढ़ और हाथीदह स्टेशनों पर कई रेल सुविधाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया इसके अलावा उन्होंने नवादा जिले के कौआकोल राजहट और रजौली में विभिन्न डाकघरों का शुभारंभ किया सीतामढ़ी शहर में स्थिति शांत और पूरी तरह से नियंत्रण में है शनिवार को दो गुटों के बीच झड़प के बाद शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी थी जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि अगले चौबीस घंटे तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी उन्होंने बताया कि उपद्रव के आरोप में छब्बीस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है इधर प्रशासन के आदेश के बाद आज जिले के सभी स्कूल एहतियात के तौर पर बंद रहे शहर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है वहीं मुरलियाचक और मधुबन गांव में ड्रोन के माध्यम से स्थिति पर नजर रखी जा रही है वरिष्ठ अधिकारी पिछले तीन दिनों से क्षेत्र में कैंप किये हुए हैं राज्य में चार सौ उन्नीस प्राथमिक द्रग्ध उत्पादक सहयोग समितियों चौवन सहकारी समितियों तीन पैक्स छह व्यापार मंडलों और सात स्वावलंबी सहकारी समितियों का चूनाव चार नवम्बर को होगा राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कहा है कि वोटिंग के तुरंत बाद मतों की गिनती की जायेगी नामांकन का कार्य आज से शुरू हो गया है जो कल तक चलेगा नामांकन पत्रों की जांच चौबीस अक्टूबर को की जायेगी वहीं नाम वापसी की अंतिम तारीख पच्चीस अक्टूबर है सीबीआई ने मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र के सहयोगी दिलीप वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है मामले के उजागर होने के बाद वह फरार चल रहा था हमारे संवाददाता केकेकौशिक ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा उससे कड़ी प्रछताछ की जा रही है दिलीप वर्मा बालिका गृह के कामकाज की निगरानी के लिए गठित की गयी बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष था वहीं ब्रजेश ठाकुर के एक अन्य करीबी मधु के दो परिजनों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है मधु इस कांड में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से फरार है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले शनिवार को अमृतसर में दशहरे के दिन ट्रेन से कटकर और भगदड़ में साठ से अधिक लोगों की मौत के मामले में पंजाब सरकार और रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है मीडिया में आयी खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य सरकार और रेलवे बोर्ड से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है आयोग ने पीड़ित परिवारों के लिए राहत और पुर्नवास तथा घायलों को अब तक उपलब्ध करायी गयी सहायता का भी ब्यौरा मांगा है गौरतलब है कि इस हादसे में बिहार के भी पांच लोगों की मौत हो गयी थी भोजपूर जिले के असनी गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या तीस पर किसानों ने आज प्रदर्शन किया और कई घंटों तक सड़क जाम कर दिया अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले इकट्ठा किसानों ने उदवंतनगर प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने खेती के लिये नहर में पानी उपलब्ध कराने फसल के उचित मुआवजे की मांग समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारियों ने आरा मोहनियां मुख्य मार्ग पर कई स्थानों पर आगजनी भी की राज्य में अब केवल स्वच्छता तकनीक पर आधारित ईंट भट्ठे ही स्थापित किये जा सकेंगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में नये ईंट भट्ठा स्थापित करने के लिए नई स्वच्छता तकनीक को अपनाना अनिवार्य होगा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले साल सत्रह सौ ईंट भट्ठा संचालकों ने शपथ पत्र दाखिल किया था लेकिन इनमें से करीब छह सौ ईंट भट्ठा संचालकों ने मानकों के अनुसार तकनीक में परिवर्तन नहीं किया श्री मोदी ने कहा कि ईंट भट्ठों के संचालकों को यह शपथ पत्र देना होगा कि अगले एक वर्ष में वे अपने ईंट भटठों को नई तकनीक से लैस कर लेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह उनचासवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बिछाये जा रहे आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से प्रदेश के गांव और शहर तेज गति इंटरनेट सेवा से जुड रहे हैं हमारे लखीसराय संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट संवाददाता लखीसराय जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में आप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्राडबैंड सेवा से स्थानीय सरकारी कार्यालयों कामन सर्विस सेंटर और घरों में तेज इंटरनेट सेवा पहुंच रही है एक छात्रा ने बताया कि इंटरनेट के कारण डिजिटल रुप से कई सुविधाएं घर पर ही मिल जा रही हैं

आनलाइन टिकट लेना हो या प्रमाणपत्र के लिए आवेदन इंटरनेट सेवा मिलने से लोगों का जीवन आसान हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिए लखीसराय से विनय कुमार वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में हत्या के आरोपी को पकड़ने गयी पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया इस घटना में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये घायलों में एक की स्थिति नाजुक बतायी जा रही है पुलिस ने बताया कि चिमनी मालिक को गोली मारने के आरोपी को छुड़ाने के लिये आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर धावा बोल दिया गुजरात सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह में भाग लेने का निमंत्रण दिया गौरतलब है कि इकतीस अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से नर्मदा नदी के सरदार सरोवर के पास निर्मित इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल के अलावा कई विधायक और अधिकारी शामिल थे अरवल जिले में दीपावली के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक हजार लोगों को गृहप्रवेश कराया जायेगा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इन आवासों का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है श्री कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत आवासों में शौचालयों की भी सुविधा प्रदान की गयी है बेगूसराय जिले में तैंतीस गृह रक्षकों चौकीदार और दफदारों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का रास्ता साफा हो गया है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के जयतीपुर गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी कटिहार जिले में पूलिस ने बरारी थाना क्षेत्र के बलुआ गांव से दो क्यिटल गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है अरवल जिले में भू जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गयी है जिले के वंशी और कुर्था प्रखंडों में कई गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है वहीं जलस्तर निचे चले जाने से पम्प सेट भी काम नहीं कर रहे हैं

सीतामढ़ी में तनाव के बाद अब स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में